श्री मोदी ने कहा है कि जो कदम लॉकडाउन के पहले चरण में उठाए गए उनकी आवश्यकता दूसरे चरण में नहीं रह गई थी और इसी तरह तीसरे चरण में किए गए उपायों की जरूरत चौथे चरण में नहीं रहेगी

कोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने के लिए एक दिन का समय दिया है न्यायाधीश संगीत लोढा तथा न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में इस संबंध में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई गुरूवार को मुकर्रर की है

उत्तर पश्चिम रेल्वे की ओर से आज जयपुर से उत्तर प्रदेश के बलिया के लिए एक विशेष श्रमिक रेल चलायी जा रही है

उधर सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने स्टेशन पहुंचकर श्रमिक रेलगाड़ी में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया श्रमिकों को फूड पैकेट्स के साथ ट्रेन में बिठाया गया

इसी तरह एक ओर विशेष रेल कोल्हापुर महाराष्ट्र से कल शाम साढे चार बजे नागौर पहुंचेगी

गांधव और अन्य चेक पोस्टों पर इनकी स्कीनिंग और चिकित्सकीय परीक्षण किया जा रहा है इनसे होम क्वारेंटीन संबंधित शपथ पत्र भरवाने के साथ आरोग्य सेतु एप के जरिए मॉनेटरिंग की जा रही है

इस बीच आज कोरोना वायरस संकमण के अडसठ नये मामले सामने आए

जिला प्रशासन ने महाराणा भूपाल चिकित्सालय के वार्ड में कोरोना रोगियों की बढती संख्या के मद्देनजर इन लोगों को बसों के माध्यम से सुरक्षित ले जाकर क्वारंटीन किया है उधर भरतपुर के मथुरा गेट क्षेत्र में लगाए गए कफर्यू में जिला प्रशासन द्वारा दी गई राहत के बाद बाजार में चहल पहल नजर आई है करौली के टोडाभीम उपखंड के दो कोविड मरीजो को चिकित्सकीय देखरेख में जवाहर नवोदय विद्यालय में रखा गया है

उदयपुर शहर में सूरजपोल में पुलिसकर्भियों को संकमणमुक्त रखने के लिए एक संस्था की ओर से सेनेटाइजिंग मशीन लगाई गई है

प्रतापगढ़ में स्काउट गाइड भी मास्क बनाकर बांटने और जरूरतमंदों को खाने के पैकेट पहुंचाने के काम में जुटे हैं

मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कांफेस के माध्यम से जयपुर और अजमेर संभाग के विधायकों और सांसदों से चर्चा में कहा कि संस्थागत क्वारंटीन सुविधाए उपखंड और पंचायत स्तर पर विकसित की जा सकती है उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेंटर के बॉरे में भी प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा और वहां सभी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी

उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू करना समय की जरूरत है उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए लोगों को पानी की दिक्कत न हो इसके लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया समेत कई विधायकों ने मंडी टैक्स को तूरंत खत्म करने की मांग की जयपुर के विधायकों ने फल सब्जी द्ध और किराना व्यापारियों की अनिवार्य जांच कराने की बात कही मुख्यमंत्री ने विधायकों द्वारा राशन वितरण में भेदभाव की शिकायतों को संबंध में कहा कि इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि इस तरह की सूचनाए पूरी तरह झूठी हैं और संस्कृति मंत्रालय या उसके अधीन संगीत नाटक अकादमी ने इस तरह का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया है

यह दिन पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में मनाया जाता है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में नर्सिंगकर्भियों ने सेवा का जो जज्बा दिखाया है वह प्रशंसनीय है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नर्सिंग दिवस पर उन सभी नर्सो के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जो अग्रिम पंक्ति के योद्वा के रूप में कोरोना संकट के दौरान मानवता की दिन रात सेवा कर रही है चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश के सभी नर्सिंगकर्भियों को शुभकामनाएं दी है

हालांकि आज सुबह मेहरानगढ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से राव जोधा की प्रतिमा पर सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए पृष्प अर्पित किए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि जोधपुर शहर अपने समृद्व इतिहास संस्कृति और वीरता के लिए पहचाना जाता है